राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केंद्रीय मंत्रियों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने विभिन्न स्थानों पर हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया

लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सहयोग का आग्रह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज जोधप्र के रातानाडा थाने में एक लाख रूपये की राशि बरामद की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारों लोगों के साथ प्रभात तारा मैदान में योगाभ्यास किया जिनमें कई नामचीन व्यक्ति खिलाड़ी भी शामिल थे इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पिछले पांच वर्ष में सरकार ने योग को स्वास्थ्य से जोड़ा है ताकि इसे स्वास्थ्य देखभाल का एक मजबूत आधार बनाया जा सके

प्रधानमंत्री ने ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों तक योग का महत्व पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया राष्ट्रीय मुख्य समारोह के अलावा नई दिल्ली और देश प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योग के कार्यक्रम हुए

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लालकिले में ब्रहमकुमारी संगठन की ओर से आयोजित समारोह में कहा कि योग को आज शारीरिक चूस्ती फूर्ती और स्वस्थ बने रहने का उपाय माना जाने लगा है नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने संसद भवन परिसर में सांसदों के साथ योगाभ्यास किया मुख्य कार्यक्रम राजपथ पर आयोजित किया गया

इस वर्ष के आयोजन में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर भी जोर दिया गया है रबर मैट के स्थान पर खादी से बनी योग चटाई का प्रयोग किया गया इसे वर्ष के आयोजन का विषय हृदय के लिए योग रखा गया है प्रदेशभर में भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर योग अभ्यास के कार्यक्रम किये गये

सुबह सात से आठ बजे तक प्रशिक्षित योग गुरूओं के निर्देशन में हजारों की संख्या में लोगों ने यहां योग अभ्यास किया हमारे संवाददाता ने बताया कि कार्यक्रम में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डा रघु शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया डा रघु शर्मा ने प्रदेश की जनता से योग को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाने का आहवान किया जयपुर में सवाईमानसिंह स्टेडियम में जिलास्तरीय समारोह हुआ

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित भाजपा के कई नेताओं ने योगासन किए पलिस मुख्यालय पर आयोजित हुए कार्यक्रम में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने योगाभ्यास किया राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार योग करवाये गये साथ ही वहां हदय रोगों पर विषेष कार्यषाला भी आयोजित की गयी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो तथा आकाषवाणी के जयपुर कार्यालय द्वारा भी योग षिविर आयोजित किये गये उत्तर पष्विम रेलवे कार्यालय में अधिकारियों और रेलकर्मचारियों ने सामूहिक योग का अभ्यास किया अन्य जिलों में भी योग दिवस पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किये गये बाडमेर में आदर्श स्टेडियम में सैकंडो लोगों ने योगाभ्यास किया इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल और वायू सेना के जवानों ने योगाभ्यास किया

उधर जालौर में रिमझिम बारिश के बीच लोगों ने योग अभ्यास किया

विधेयक पेश होते समय सदन में शोर शराबा हुआ जैसे ही कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद विधेयक पेश करने के लिए खड़े हुए विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति जताईे रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में तीन तलाक के मामले बढ़ रहे हैं और यह विधेयक महिलाओं को न्याय और अधिकार प्रदान करेगा

आज लोकसभा में प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार देश में टेलीविजन समेत विभिन्न जन संचार माध्यमों में बढ़ रहे भ्रामक विज्ञापनों पर नजर रखती है

आज नई दिल्ली में राज्यों के वित्तमंत्रियों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श में उन्होंने लक्ष्य पूरा करने में केन्द्र की ओर से पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया वित्तमंत्री ने कहा कि राज्य और केन्द्र के पूरे समन्वय के बिना निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं हो सकते वित्तमंत्री अर्थशास्त्रियों ब्नियादी क्षेत्रों के प्रतिनधियों कृषि ग्रामीण विकास सामाजिक वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजारों के प्रतिनिधियों से भी बजट पूर्व चर्चा कर चुकी हैं

प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम के जरिये मन की बात के लिए सुझाव और विचार मांगे हैं श्रोता नमो ऐप ओपन फोरम और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से विचार साझा कर सकते हैं

यह राषि रिकॉर्ड में नहीं ली गयी और थानाधिकारी बरामद राषि में से दो लाख रूपए रिष्वत के रूप में अपने पास रखना चाहता था

ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया कि मामले में कार्रवाही जारी है

महाक्भ के आयोजन सचिव नेमी ग्र्जर के अनुसार महाक्भ में कबड़डी ताइक्वांडों बैडमिंटन क्रिकेट खो खो और तैराकी सहित कई अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित होगी जिनमें जयपुर जिले के एक हजार पांच सौ से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे